एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के सबसे भारी बड़े और अत्याध्निक उपग्रह का प्रक्षेपण भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की बहत बड़ी उपलब्धि है जिससे द्रदराज के इलाकों के जुड़ जाने से करोड़ों देशवासियों के जीवन में बदलाव आयेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने नवाचार करके उपलक्षियों तथा सफलताओं के उच्च मानकों को बनाये रखा है उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के इस विलक्षण कार्य से हर देशवासी को प्रेरणा मिलेगी संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि उपग्रह जी सैट इलेवेन के प्रक्षेपण से संचार के क्षेत्र में क्रान्ति आयेगी नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि इससे ग्रामीण तथा दूरदराज के लोगों को किफायती दर पर ब्रॉडबैंड सेवायें मिल सकेंगी उन्होंने बताया कि जी सैट उन्नीस और बीस को भी जून तक लांच करने की योजना है

भारतीय समय के अनुसार तड़के दो बजकर सात मिनट पर काउरू में एरियन फाइव यान के जरिये जी सैट इलेवेन को लगभग तैंतीस मिनट में अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपने लखनऊ स्थित आवास पर बुलंदशहर की घटना में शहीद पुलिस इंस्पेक्टर के परिजनों से मुलाकात करेंगे यह जानकारी राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने दी है उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मारे गए इंस्पेक्टर के परिवार को पचास लाख रूपए और मृतक सुमित के परिजनों को दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है ब्लंदशहर जिले के स्याना इलाके में हुई हिंसा के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है मुख्य आरोपी योगेश राज अमी भी फरार है इस घटना में एक पुलिस इंसपेक्टर और गांव का एक व्यक्ति मारा गया था रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सभी राज्यों में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है जो किसी भी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है श्री गौड़ा ने एक वक्तव्य में कहा कि उर्वरक विभाग राज्य सरकारों और रासायनिक खाद की आपूर्ति करने वालों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए हुए है महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के छात्रावासों के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रहा है इनके अंतर्गत तय किया जाएगा कि कम से कम ऐसे मानक तो होने ही चाहिए जिनसे बच्चों की ठीक तरीके से देखरेख हो सके महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने ऐसे दिशा निर्देश तैयार करने का फैसला किया है जिनसे बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा और समुचित ढंग से रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई ला सकेगी साथ ही ऐसे छात्रावासों का निरीक्षण भी किया जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एल पी जी पर दी जाने वाली सबसिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में अंतरण की व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसमें बदलाव किए जाने की खबरें निराधार हैं

अनी तक छह करोड़ अस्सी हजार करदाता रिटर्न दाखिल कर चुके हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष सुशील चंद्र ने नई दिल्ली में बताया कि विमुद्रीकरण से देश में कर का दायरा बढ़ाने में मदद में मिली है कॉरपोरेट करदाताओं की संख्या भी बढ़कर आठ लाख पहुंच गयी है लखनऊ में कल से आठ दिसम्बर तक तीन दिवसीय खादी महोत्सव का आयोजन किया जायेगा प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग विमाग के मंत्री सत्यदेव पर्वौरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केन्द्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेगे इस कार्यक्रम के दौरान खादी के प्रचार प्रसार और ब्रांडिंग को लेकर कई आयोजन किये जायेंगे इसके अलावा एक फैशन पत्रिका के सहयोग से खादी फैशन शो भी आयोजित किया जायेगा जिसमें कई नामी गिरामी मॉडल हिस्सा लेंगे खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि इस दौरान प्रदेश में निर्मित खादी की राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग के उद्देश्य से यूपी खादी ब्रांड का लोगों भी जारी किया जायेगा उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सोलर चर्खो और दोना पत्तल बनाने वाली मशीनों का भी वितरण किया जायेगा तथा खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार पर चर्चा होगी